मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द टास्क फोर्स गठित कर निवेशकों को उचित वातावरण प्रदान करने का काम आगे बढायेगी ताकि प्रदेश में अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लोट सके और श्रमिक रोजगार से जुड सके उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एक बडा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दे जिससे राज्यों के हालात सुधरे और उद्योगों को राहत मिल सके मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय सीमा सील करने के कारण भिवाडी के उद्यमियों और श्रमिकों को आवागमन में आ रही बाधाओं को दूर करें

श्री गहलोत ने कहा है कि प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षकों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पेयजल के कंटीजेंसी कार्य और मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा करें

कल ग्रीन जोन घोषित सिरोही जिले में संकमण का एक मामला सामने आया

इधर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर के जयपुरिया अस्पताल में अब कोरोना संक्रमितों का इलाज नहीं होगा अब तक जिन कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा था उन्हें आरयूएसएच अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सोमवार तक अस्पताल को संक्रमण रहित करवाकर इसे सामान्य बीमारियों के लिए खोला जा सकेगा ताकि अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोई परेशानी ना हो

यहां अधिकतर गतिविधियां शुरू हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिलेवासियों की ओर से लॉकडाउन की सजगता से पालना और प्रशासन की सतर्कता से ये संभव हो पाया है

डॉ पूनिया ने बताया कि प्रदेश के हजारों छात्र दुनिया के अनेक देशों में पढाई कर रहे है कोरोना महामारी से उपजे हालातों के बाद वे वहां लॉकडाउन में फंस गए है श्री पूनिया ने बताया कि केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री ने उन्हें विशेष व्यवस्था कर सुरक्षित भारत लाने का आश्वासन दिया है उन्होंने छात्रों और उनके परिजनों को बताया कि ख्द प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से इस मामले में बात कर रहे है वहीं केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय स्तर के अधिकारी को इसके समन्वय के लिये लगाया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सहयोग के लिए सभी दानदाताओं भामाशाहों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया है

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीना के नेतृत्व में निर्भया स्क्वॉड टीम ने गर्भवती महिला और उनके परिजनों को संबंधित थाने से अस्पताल आने जाने के लिए पास बनवाकर दिये है जिससे वे आपात स्थिति में बिना घबरायें घर से अस्पताल तक आसानी से पहुंच सके

श्री निशंक ने प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना में बदलाव की घोषणा भी की